राज्य में कुपोषण दूर करने के लिए शुरू की जाएगी समर परियोजना पर्याप्त और पौष्टिक भोजन पाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य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

मास्क पहनें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 हाथ और मुंह साफ रखे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि भू रैयतों को जमीन की रसीद आसानी से उपलब्ध कराने की दिशा में राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है श्री सोरेन ने आज विधानसभा में कहा कि राज्य सरकार जमीन के सभी भू खंडों के लिए यूनिक कोड की व्यवस्था कर रही है उन्होंने कहा कि इस कोड के आ जाने से भू माफियाओं के द्वारा कागजों की हेराफेरी पर भी रोक लग सकेगी मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार राज्य में नये प्रखंडों के सुजन को लेकर आवश्यक सर्वे कराएगी जरुरत पड़ने पर नए प्रखंड भी बनाये जाएंगे इधर महिला एवं बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने सदन में कहा है कि अगले तीन महीनों के अंदर राज्य में बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कर लिया जाएगा उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने वृद्धा पेंशन के लाभुकों की संख्या को तीन लाख पैंसठ हजार से बढ़ाकर सात लाख तीस हजार करने का निर्णय लिया है उन्होंने बताया कि सरकार वृद्धा पेंशन को बढ़ाने के मामले पर भी विचार करेगी रांची समेत राज्य के सभी जिलों में आज कोरोना महामारी को लेकर मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया इस दौरान आम लोगों से मास्क का इस्तेमाल करने और इस बीमारी को लेकर जागरूक बने रहने की अपील की गयी राजधानी रांची में उपायुक्त छवि रंजन ने खुद लोगों से मास्क का इस्तेमाल करने की अपील की इस दौरान मास्क नहीं पहनने वालों से जुर्माना भी वसूला गया इधर गिरिडीह जिले में भी विभिन्न चौक चौराहों पर मास्क जांच अभियान चलाया गया मास्क नहीं पहनने वालों को जुर्माने की चेतावनी भी दी गयी वहीं रामगढ़ जिले के पतरातू और चितरपुर प्रखंड समेत विभिन्न प्रखंडो में भी मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया स्वास्थ्य विभाग के सचिव कमल किशोर सोन ने बताया कि राज्य के सभी उपायुक्तों को कड़ाई के साथ मास्क जांच अभियान चलाये जाने के निर्देश दिए गए हैं सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज लोकसभा में व्हीकल स्क्रैपिंग नीति की घोषणा की इसका उद्देश्य प्रद्वषण फैलाने और खराब गुणवत्ता वाले वाहनों को चरणबद्व तरीके से इस्तेमाल से हटाने की व्यवस्था तैयार करनी है इस नीति पर सदन में बयान देते हुए श्री गडकरी ने कहा कि प्रद्षण फैलाने वाले वाहनों को कम करने से ऑटो मोबाइल क्षेत्र में बडा परिवर्तन आएगा उन्होंने कहा कि इससे वाहनों की ईंधन खपत कम होगी उद्योगों के लिए कम कीमत में कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ेगी और केन्द्र तथा राज्य सरकारों के जीएसटी में वृद्धि होगी

श्री गड़करी ने कहा कि भारत अगले पांच वर्षो में ऑटो मोबाइल क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करेगा और अगले एक साल में सौ प्रतिशत लीथियम आयन बैटरी का स्वदेश में उत्पादन होने लगेगा उन्होंने सांसदों से उनके निर्वाचन क्षेत्रों में वाहनों के लिए फिटनैस केन्द्र प्रदूषण केन्द्र और ड्राइविंग केन्द्र बनाने में सहयोग मांगा व्हीकल स्क्रैपिंग नीति की विशेषताओं को बताते हए श्री गड़करी ने कहा कि खराब गुणवत्ता वाले या पंजीकरण का नवीनीकरण न कराने वाले निजी वाहनों की वैधता बीस साल के बाद खेत्म कर दी जाएगी

श्री गडकरी ने कहा कि फिटनेस जांच और स्क्रैपिंग केन्द्रों के लिए नियम इस वर्ष पहली अक्टूबर तक अधिसूचित कर दिये जाएंगे

सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्री नीतिन गडकरी ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अगले पांच वर्षो में सडकों के किनारे छह सौ से अधिक स्थानों पर विश्व स्तर की सुविधाएं विकसित करेगा राजमार्गो पर प्रति पचास किलोमीटर की दूरी पर इस प्रकार की सुविधाएं विकसित की जायेंगी जिसमें निजी क्षेत्रों की भागीदारी होगी इन स्थानों पर रेस्तरां फूड कोर्ट ढाबे फ्यूल स्टेशन मरम्मत करने वाली दुकानें मेडिकल क्लिनिक यात्रियों के लिए विश्राम गृह चालकों के लिए छोटे छोटे कमरे और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जायेंगे इन सुविधाओं से उन यात्रियों को लाभ पहंचेगा जो इन मार्गो से गुजरेंगे श्री गडकरी ने एक ट्वीट में कहा है कि इन सुविधाओं में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा और ट्रक चालकों तथा यात्रियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हो जायेंगी स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने भरोसा दिलाया है कि कोविड टीके का निर्यात देशवासियों के स्वस्थ्य की कीमत पर नहीं किया जाएगा

लोकसभा में कल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगों का जवाब देते हए डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि केन्द्र सरकार वसुधैव क्ट्म्बकम पर विश्वास करती है देश में दो हजार चार सौ सोलह कोविड जांच प्रयोगशालाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत भविष्य में भी महामारियों का मुकाबला करने को तैयार है

राज्य के स्वास्थ्य सचिव केके सोन ने सभी उपायुक्तों को आज से मास्क की अनिवार्यता सुनिश्चित करने के लिए अभियान शुरू करने को कहा है

राज्य में कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए समर परियोजना शुरू की जायेगी इसके तहत अगले तीन वर्षों तक विभिन्न जिलों में महिलाएं बच्चों और किशोरियों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के प्रयास किये जायेंगे मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने बताया कि प्रथम चरण में पांच जिलों में इस अभियान को पायलट प्रोजेक्ट के तहत चलाया जायेगा इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पर्याप्त और पोष्टिक भोजन पाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ाना है रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि देश भर के रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास कार्य हमारे मंत्रालय के प्रमुख एजेंडे में हैं उन्होंने कहा कि इसके तहत निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ सरकार इसके लिए कार्य कर रही है मंत्रालय की कार्य योजना के तहत एक सौ तेईस रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य चल रहा है इसके लिए करीब पचास हजार करोड़ रुपये व्यय का अनुमान है रेल मंत्री गोयल ने कल हबीबगंज और गांधीनगर रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्य की सराहना की वर्तमान में महाराष्ट्र के नागपुर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और अजनी मध्यप्रदेश के हबीबगंज और ग्वालियर स्टेशन गुजरात के गांधीनगर और साबरमती स्टेशन उत्तर प्रदेश के अयोध्या और गोमतीनगर स्टेशन और दिल्ली के सफदरजंग और नई दिल्ली स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य तेजी से किया जा रहा है सरकार बहुत जल्द विदेशों में महिला हेल्पलाइन सेंटर स्थापित करेगी जिसका उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों की परेशानियों के बारे में सहायता उपलब्ध कराना है विदेश मंत्रालय की सहायता से हेल्पलाइन केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं आज राज्यसभा में पूरक प्रश्न के उत्तर में केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि सरकार भारतीय महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है

इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर छियानबे दशमलव चार एक प्रतिशत है

मंत्रालय ने बताया है कि एक करोड दस लाख से अधिक रोगी पहले ही इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं

सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि इंटरनेट पर कुछ लोगों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए शून्यकाल के दौरान श्री प्रसाद ने कहा कि भारत में एक सौ चालीस करोड़ से ज्यादा लोग फेसबुक व्हाट्स एप और लिंक्ड इन का इस्तेमाल करते हैं उन्होंने कहा कि सरकार भिन्न विचार रखने वालों का सम्मान करती है लेकिन मुद्दा सोशल मीडिया के उपयोग का नहीं है बल्कि इसके द्रूपयोग का है श्री प्रसाद ने कहा कि सरकार कुछ कंपनियों द्वारा इंटरनेट का साम्राज्यवाद खडा करने के प्रयास को स्वीकार नहीं करेगी आज विश्व रिसाइकल दिवस है प्रत्येक वर्ष धरती अरबों टन प्राकृतिक संसाधन देती है लेकिन बहुत जल्द ही ये सब खत्म हो जाएंगे रिसायकल सीमित प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए विकास करने वाली अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है यह सीमित प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करता है

इस अवसर पर पर्यावरण वन और जलवायू परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों से आग्रह किया है कि बेहतर कल के लिए आज रिसायकल करें एक ट्वीट में श्री जावड़ेकर ने कहा कि कम इस्तेमाल पूर्ण इस्तेमाल और पूर्ण इस्तेमाल योग्य बनाना नया मंत्र है मौसम विभाग ने बीस और इक्कीस मार्च को रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना जतायी है विभाग के अनुसार राज्य के उत्तर पश्चिम इलाके जैसे पलामू गढ़वा चतरा कोडरमा लातेहार बोकारो गुमला हजारीबाग और खूंटी आदि जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है मौसम विभाग ने इन जिलों में येल्लो अलर्ट जारी किया है

इस कैम्प में कृल छप्पन युवतियों ने भाग लिया था चयनित युवतियों को तमिलनाड् स्थित कपड़ा मिल में रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा जिसके साथ हाल ही में राज्य सरकार ने एमओयू किया था